सभी स्थानों पर कोविड नाइन्टीन से बचाव के एहतियाती इन्तजाम को अनिवार्य किया गया

प्रतिमाओं और अन्य वस्तुओं को छूने की मनाही होगी होटल रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना जरूरी होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक के दौरान पूरी सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक छः हजार एक सौ पचासी लोग स्वस्थ हुए

कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण बंद किये गये धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल रेस्तरा होटल और कार्यालय आज से खुल रहे हैं हालांकि कन्टेनमेंट जोन में स्थित ऐसे संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी खुलने वाले संस्थानों को केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा और सुरक्षित परस्पर दूरी के मानक को मानना होगा दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में पांच से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी धार्मिक स्थलों को इस बारे में स्थानीय प्रशासन के आदेशों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी सामूहिक गान के स्थान पर रिकार्ड भजनों का इस्तेमाल होगा धार्मिक स्थानों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें कोविड नाइन्टीन के लक्षण नहीं पाये जायेंगे इसके अलावा प्रसाद का अर्पण वितरण और पवित्र जल छिड़कने की अनुमति नहीं होगी प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को भी छूने की इजाजत नहीं होगी और मास्क पहनना अनिवार्य होगा प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम छह फूट की दूरी बनाये रखने को कहा गया है धार्मिक स्थलों में सामुदायिक रसोई लंगर और अन्न दान तैयार करने और इसका वितरण करने के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना होगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार शॉपिंग मॉल में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी जिनमें कोविड के लक्षण नहीं पाए जाएंगे इसके अलावा मॉल में बच्चों के खेलने वाली जगह और सिनेमाहॉल बिल्कुल बंद रहेंगे इन जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए मॉल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त उपाय करने होंगे फूड कोर्ट क्षेत्र में भी कुल बैठने की क्षमता का पचास प्रतिशत ही उपयोग में लाने की इजाजत होगी वहीं रेस्तरां के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश द्वार पर हाथों को धोने और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान करना होगा इन जगहों पर लोगों को बैठकर खाने के बजाए खाद्य पदार्थों को ले जाने के प्रति प्रोत्साहित करने सलाह दी गई है इन जगहों पर कुल बैठने की क्षमता का पचास प्रतिशत ही उपयोग में लाने की अनुमति होगी वहीं होटलों में आने वाले आगंतुकों को अपनी यात्रा का विवरण और स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी आगंतुक कक्ष पर उपलब्ध करानी होगी आगंतुक के ठहरने वाले कक्ष और अन्य सेवाओं को समय समय पर सेनिटाइज करना होगा साथ ही रसोई घर को भी समय समय पर सेनिटाइज करना होगा पैंसठ वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गयी है सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय प्रातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित आठ सौ बीस ऐतिहासिक स्मारकों को आज से खोलने की अनुमति दे दी है केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी कोविड महामारी को देखते हुए सभी स्मारकों में गृहमंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा इस बीच वाराणसी जिले में धार्मिक स्थल होटल और शॉपिंग मॉल आज से नहीं खुलेंगे जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनपद में धार्मिक स्थलों होटल और मॉल को निरीक्षण के बाद खोला जाएगा यह निरीक्षण आज से शुरू होगा जिलाधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिन धार्मिक स्थलों होटल और मॉल ने निर्धारित व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं उन्हें अपने संबंधित पूलिस स्टेशन में एक चेक लिस्ट भरकर जमा करनी होगी इस चेक लिस्ट के आधार पर सम्बंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस के क्षेत्राधिकारी स्थलों का निरीक्षण करेंगे निरीक्षण में संतुष्ट पाए जाने के बाद इन स्थलों को अगले दिन से खोलने की अनुमति दी जाएगी जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे सम्बंधित स्थलों पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे खुले हैं अथवा नहीं उधर मेरठ जनपद में कल यानी मंगलवार से ग्रीन जोन की दुकानें चरणबद्व तरीके से खोली जाएगी जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि कंटेनमेन्ट जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और होम डिलीवरी की जाएगी बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं की द्वानें जैसे किराना स्टोर और बैंकों को खोलने की अनुमति होगी उन्होंने बताया कि इसके बाहर की सभी दुकानें जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए रोस्टर के अनुसार कल से खोली जाएंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों में आज से दी जा रही छूट के सम्बंध में कहा कि इस दौरान पूरी सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं और बाजारों में भीड़ इकट्ठा न होने दी जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जनपद आगरा मेरठ अलीगढ़ मुरादाबाद गौतमबुद्धनगर तथा फिरोजाबाद के मेडिकल कालेजों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि सभी मण्डलायुक्त अपने अपने मण्डलों में विकास व राजस्व सम्बन्धी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए समीक्षा करें मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यो को गति देने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्थाए देखीं मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक सर्जरी से पूर्व मरीजों की कोरोना जांच अवश्य की जाए उन्होंने कहा कि इसके लिए अस्पताल को टूनेट मशीन दी गयी है मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की इससे पूर्व श्री योगी कल दोपहर बस्ती जनपद पहुंचे उन्होंने यहां जिला अस्पताल में कोरोना जांच केंद्र का उद्घाटन किया जिले को ट्रूनेट मशीन मिल जाने के बाद अब रक्त के नमूने से कोरोना वायरस की जांच हो सकेगी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोविड संक्रमण के चार सौ तैंतीस नए मामले सामने आएं हैं इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर दस हजार पांच सौ छत्तीस हो गई है कल दो सौ अठहत्तर लोग बीमारी से ठीक हुए जिसके बाद स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर छः हजार एक सौ पचासी हो गई है सात लोगों की मृत्यु होने के साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या दो सौ पचहत्तर पहुंच गई है

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद में सबसे अधिक छियालीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुयी

मुजफ्फरनगर जौनपुर में इक्कीस इक्कीस मरीजों में संक्रमण मिला गौतमबुद्व नगर में बीस और मेरठ लखनऊ में अट्ठारह अट्ठारह लोगों में कोविड नाइन्टीन की पुष्टि हुयी इसके अलावा कानपुर नगर में सत्रह आगरा बागपत में सोलह सोलह अलीगढ़ में पन्द्रह मुरादाबाद में बारह बिजनौर में ग्यारह संभल हरदोई में दस दस बाराबंकी अयोध्या देवरिया में नौ नौ और फतेहपुर में आठ लोगों में संक्रमण मिला है इस बीच गौतमबुद्ध नगर जिले से अच्छी खबर आयी है चौरानबे वर्षीय एक बुजुर्ग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे वो उपचार के बाद अब स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई उधर प्रदेश के मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सामुदायिक स्तर पर फैल रहे संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी का पालन करने तथा सैनीटाइजर और फेस मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी है राज्य में इस समय एक हजार नौ सौ पांच कोरोना हॉटस्पॉट हैं जिनमें चौवन लाख लोग रहते हैं हॉट स्पॉट वाले इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के तीन हजार नौ सौ चौबीस मामले हैं देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित पांच हजार दो सौ लोग स्वस्थ हुए हैं अभी तक एक लाख उन्नीस हजार दो सौ तिरानबे लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर अड़तालीस दशमलव तीन सात प्रतिशत है फिलहाल देश में एक लाख बीस हजार चार सौ छः संक्रमित लोग हैं जो चिकित्सा निगरानी में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं से कोविड नाइन्टीन महामारी के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने का आहवान किया है कल पटना में पार्टी की पहली वर्चअल जन सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह जनसभा चुनावी या राजनीतिक नहीं है बल्कि यह कोरोना के खिलाफ संघर्ष में देश के लोगों को एक साथ लाने के लिए है गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा देशभर में ऐसी पचहत्तर वर्चुअल जन सभाएं आयोजित करेगी